श्री तोमर ने कल मुरैना में आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है बल्कि यह ऐसे लोगों के खिलाफ है जो भारत मे चोरी छिपे घ्सपैटियों के रूप में रह रहे हैं उन्होंने कहा कि सीएए शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल सिंह गुर्जर भी इस कानून को लेकर प्रबुद्धजनों को संबोधित करने के लिये आज भिण्ड पहुंचे टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि क्षेत्रीय सांसद विरेन्द्र खटीक और विधायक राकेश गिरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कल घर घर दस्तक दी और लोगों से इस कानून पर चर्चा कर उनके भ्रम को दूर किया उधर आगरमालवा में पार्टी विधायक मनोहर ऊंटवाल ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर इस कानून को लेकर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाया पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा में इस कानून को लेकर जनसंपर्क अभियान का शुभारम्म किया वहीं प्रभात झा कल शिवपुरी में प्रबुद्धजनों को संबोधित करेंगे रतलाम में विधायक चेतन्य कश्यप ने सीएए को देशहित का कदम बताते हुए कहा कि यह वोट हित की राजनीति नहीं है उमरिया निवाड़ी सिवनी अनूपपुर ग्वालियर मंदसौर डिंडोरी सहित कई जिलों से इस कानून के समर्थन में भाजपा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं बाल अपराध गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि लैंगिक तथा गंभीर अपराधों में मृत्युदण्ड की सजा दिलवाने में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है

इस अवसर पर उन्होंने अपराधियों को सजा दिलाने में महती भूमिका निभाने वाले जिला लोक अभियोजन अधिकारियों का सम्मान किया

परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी पीईबी की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है

मौसम सर्द हवाओं और कोहरे के कारण प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है बालाघाट सिवनी खंडवा बैतूल और नरसिंहपुर जिलों में कल शीतल दिन रहा वहीं ग्वालियर और रीवा संभागों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा राजधानी भोपाल में तेज धूप खिलने से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है राज्य में सबसे कम तापमान चार डिग्री सेल्सियस शिवपुरी और बैतूल में दर्ज किया गया श्योपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा

जिसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया